केन्द्र सरकार ने लॉकडाउन के दौरान रबी की फसलों की कटाई और गर्मा फसलों की बुवाई के लिए विषेष पहल की है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि कोरोना वायरस को पराजित करने के लिए पूरा देश एकजुट है उन्होंने इस आपदा से निपटने के लिए एकबार फिर देशवासियों से सामूहिक प्रयास का आहवान किया है

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आज ट्वीटर पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी की कविता आओ फिर से दीये जलाएं का वीडियो साझा किया

इस वायरस से संक्रमित लोगों की कुल संख्या अब दौ हजार नौ सौ दो हो गई है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने बताया है कि इस वायरस से पिछले चौबीस घंटों में बारह लोगों की मौत हई है देश में मृतकों का आंकडा अरसठ पर पहंच गया है एक सौ चौरासी लोगों को इलाज के बाद छट्टी दे दी गई है इधर राज्य में पिछले दो दिनों में कोई भी कोरोना वायरस के पॉजिटिव मरीज की पुष्टि अधिकारिक तौर पर नहीं की गई है जबकि रांची और हजारीबाग में स्वास्थ्य विभाग द्वारा लगभग तीन हजार संदिग्धों की स्वास्थ्य जांच की गई है

उपायुक्त अरवा राज कमल ने बताया कि एक साथ बड़ी आबादी में भी संक्रमण को टेस्ट करने में यह प्रणाली विषेष रूप से कारगर साबित होगी

इस तरीके से इंफेक्षन का खतरा कम होता है और पीपीई किट की तुलना में इसकी लागत भी कम है प्रदेष कांग्रेस अध्यक्ष सह राज्य के वित्त मंत्री रामेष्वर उरांव ने राज्यवासियों से लॉकडाउन के दौरान दलीय निष्ठा जातीय और सामुदायिक भावना से उपर उठकर मानव कल्याण के लिए लोगों से एकजुट होने की अपील की है श्री उरांव ने कहा है कि वैष्विक संकट और देषव्यापी लॉकडाउन के दौरान पांच अप्रैल को संध्या प्रहरी अपने धर्म संस्कृति मान्यताओं और परंपराओं के अनुरूप इस महामारी से मुक्ति के लिए इष्वर से प्रार्थना करें उन्होंने बताया कि संकट की इस घड़ी में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता राज्य सरकार के साथ कदम से कदम मिलाकर काम करेंगे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

श्री सिंह आज रामगढ़ स्थित समाहरणालय सभागार में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे इस मौके पर उन्होंने बताया कि जिले में अब तक लॉकडाउन के दौरान चार लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज किये गये हैं जिनमें तीन लोगों को जेल भेजा जा चुका है उन्होंने बताया कि गरीबों एवं असहाय लोगों को भोजन उपलब्ध कराने के लिए सत्तासी किंचन केन्द्र की स्थापना की गई है

देवघर के उपायुक्त नैंसी सहाय ने कहा है कि कोरोना वायरस के संक्रमण से लड़ने में चिकित्सकों और स्वास्थ्य कर्मियों की भूमिका महत्वपूर्ण है उन्होंने लोगों से बिमारी और अपने यातायात हिस्ट्री के बारे में जिला प्रषासन को सूचित करने की अपील की है श्रीमती सहाय ने कहा कि जिला प्रषासन लोगों की सुरक्षा और बुनियादी सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है

इस सिलसिले में सिमडेगा के उपायुक्त मुत्युंजय कुमार वर्णवाल को वन विभाग की ओर से एक लाख सात हजार रूपये की सहायता राषि उपलब्ध कराई गई है इस राषि को वन विभाग के कर्मियों ने आपसी सहयोग से एकत्र किया है जिला वन पदाधिकारी प्रवेष अग्रवाल ने बताया कि मानव जीवन तथा प्रकृति को बचाने में वन विभाग की भूमिका अहम है सालों भर वन विभाग प्राकृतिक और मानव सभ्यता के बीच सामंजस्य स्थापित करने का कार्य करता है

केन्द्र सरकार ने रबी की फसलों की कटाई और गर्मी की फसलों की बुवाई सुनिश्चित करने के लिए विषेष पहल की है जिससे लॉकडाउन के दौरान किसानों को कोई परेशानी न हो कृषि बीमा सुविधा को सुचारू बनाने के लिए सभी राज्यों को पत्र जारी कर कहा गया है कि वह संबंधित बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों को पास जारी करें ताकि वह फसल कटाई के समय साक्षी के तौर पर उपस्थित रह सकें

इस सिलसिले में जिला आपूर्ति पदाधिकारी ने कालाबाजारी तथा निर्धारित मात्रा से कम राषन दिये जाने की षिकायत को गंभीरता र्स लेते हुए विभिन्न जन वितरण प्रणाली की दुकानों का औचक निरीक्षण किया

राजधानी रांची समेत राज्य के विभिन्न जिलों में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखा जा सकेगा

इन दिशा निर्देशों में राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेट्रोल पंपों के पास ट्रकों की मरम्मत वाली दुकानों तथा चाय उद्योग को छूट के दायरे में रखा गया है

समाप्त